प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से देश के समक्ष वास्तविक सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने का किया आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा स्वच्छ भारत मिशन के कारण प्रदेश के पूर्वी हिस्से में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में आई है भारी कमी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा बैंकों से कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण की की जा रही है निगरानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी में बारह अरब रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी तिरसठ फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे श्री मोदी श्रीजगदगुरू विश्वआराध्य गुरूक्ल के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे इसमें भाग लेने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी वाराणसी पहुंच गए हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरपा कल वाराणसी एहुंच गये वह आज जंगम बाड़ी में आयोजित होने वाले जगद गुरू विस्वाराष्य गुरुकुल के संताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम शामिल होंगे प्रषानमंत्री मोदी दीनदयाल हस्तकला संकुल में दो दिनों की प्रदर्शनी कांशी एक रूप अनेक का उदघाटन करेंगे कार्यक्रम का मकसद ज्तर प्रदेश की हस्तशिल्प सहित अन्य कलाओं को सीबे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है इसके साथ ही प्रवानमंत्री शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में बने चौकाघाट तहरतारा ओवराब़िज का लोकार्पण करेंगे जिससे रेलवे स्टेशन के पास ट्रैफिक आसान हो जायेगा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काशी की जनता बेहद उत्साहित है और उनका मानना है कि इस दौरे से काशी के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा

वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र पर बहुत ही विस्तार से काम किया है मोदी जी आकर यहां बहुत मार्गों का लोकार्पण भी करने वाले हैं बहुत सी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे एक ट्रेन का उद्घाटन भी करना है जो पूरे भारत में तीन ज्योतिलिंग का स्टॉप रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि वे देश के सामने कुपोषण जैसी वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित करें कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए वर्चअल लैब यानी आभासी प्रयोगशालाओं के विकास पर जोर दिया उन्होंने युवा विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने और नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को फाइव जी संचार तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए प्रधानमंत्री ने विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के उपयोग पर जोर दिया

इन जिला विकास अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती के लिए पन्द्रह भूतपूर्व सैनिकों की संस्तृति में उनके आवेदन पत्रों का परीक्षण नही किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों का परिणाम है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में एक मन्दिर के लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम रोग के कारणों को जानन का प्रयास करें और उसके उपचार के लिए उचित प्रयास करें उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हए कहा कि किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में एक रूद्राक्ष का पौधा भी लगाया इस दौरान कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर और अन्य विशिष्ट लोग भी मौजूद रहे

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड के साथ बैठक की इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों से कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण की निगरानी की जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी महीनों में ऋण देने में तेजी आने की संभावना है उन्होंने कहा कि अतिरिक्त नगदी से मौद्रिक नीति को अनुकूल बनाने में मदद मिल रही है श्री दास ने कहा कि प्रमुख दरों में कटौती का लाभ धीरे धीरे लोगों तक पहंच रहा है और भविष्य में इसमें और सुधार की आशा है

प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होने बताया कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित सुविधायें दी जा रही हैं वह लखनऊ में इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को और सशक्त तथा समृद्धिशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई कदम उठाये हैं

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षक दस्ते परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करके परीक्षा संचालन में आने वाली समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेंगे उन्होंने बताया कि संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी पिछले तीन वर्षो से चल रहे लखीमपुर मैलानी रेल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर लखीमपुर खीरी जनपद के मैलानी रेलवे जंक्शन पर आमान परिवर्तित खंड का उदघाटन स्थानीय सांसद अजय मिश्र टेनी ने किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आमजनों को सस्ती से सस्ती यात्रा सुलभ कराने के लिए तत्पर है इसी का नतीजा है कि आज आज़ादी के पहले से चल रही छोटी रेल लाइन को अब बड़ी लाइन में बदला गया है इससे क्षेत्र के लोगों का तेजी से विकास होगा